मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे की जांच के निर्देश दिये

बालोतरा के उपखण्ड अधिकारी रोहित कुमार ने बताया कि यहॉ धार्मिक आयोजन चल रहा था और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्वालू मौजूद थे

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जसोल हादसे को दुखद बताते हुये संबंधित अधिकारियों को हादसे की जांच करने और मृतकों के परिजनों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं इस बीच केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी अपना रांची दौरा रद्द कर बालोतरा के लिये रवाना हो गये हैं

यह परिवार मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने जा रहा था

बस गजसिंहपुर से पदमपुर आ रही थी

बैठक में स्वयंसेवी संगठनों सिविल सोसायटी उपभोक्ता फोरम किसान पशुपालक और डेयरी संघ के पदाधिकारियो ने भाग लिया इससे पहले मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले युवाओं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से भी बजट के बारे में सुझाव लिये

इस दौरान राज्य सरकार बजट भी पेश करेगी

पिछले वर्ष देश में साढे पांच लाख से अधिक लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं

प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम के जरिये मन की बात के लिए सुझाव और विचार मांगे हैं श्रोता नमो ऐप ओपन फोरम और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी प्रधानमंत्री से विचार साझा कर सकते हैं

उन्होंने कहा कि बायोमैट्रिक मशीनों को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में लिया जावे और विश्वविद्यालय प्रशासन इन मशीनों की नियमित रख रखाव की समीक्षा करे पिछले कुछ दिनों से मिल रही शिकायतों के बाद उन्होने इस सम्बन्ध में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को एक परिपत्र भेजा है

राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल ने कार्यशाला का उद्घाटन किया कार्यशाला में भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश प्रदेश संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर प्रदेश सदस्यता अभियान संयोजक सतीश पूनिया सह संयोजक सीपी जोशी और प्रदेशमर से आए पदाधिकारियों ने भाग लिया

भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है

गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डॉ मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की इस मौके पर श्री नड्डा ने कहा कि श्री मुखर्जी के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने संबंध में प्रक्रिया तेज कर दी है

राज्य में यह पहला कॉलेज है जिसे इस तरह की सहायता मिली है

उधर जिले के छोटा खेड़ा प्रतापगढ में भी कुए में गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई

पूछताछ में उज्जवल ने मध्यप्रदेश में डबल मर्डर समेत चार अन्य वारदातों को करना कबूला

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जैसलमेर जिला प्रशासन और जैसलमेर वासियों को इस संबंध में बधाई और श्भकामनायें दी है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने जैसलमेर जिले की इस उपलब्धि की जानकारी मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को पत्र लिखकर दी है

मानसून पूर्व की वर्षा के कारण राज्य के सात जिलों में असामान्य वर्षा रिकार्ड की गई है इनमें चित्तौड़गढ़ उदयपुर डूंगरपुर प्रतापगढ राजसमन्द और भीलवाड़ा शामिल है प्रदेश में मानसून पूर्व की वर्षा के कारण कई जलाशयों में पानी की आवक शुरू हो गई है

उधर बाड़मेर नागौर झालावाड़ में दिन में तेज गर्मी का असर रहा

यह दिवस पूरी दुनिया में किसी भी भेदभाव को दरकिनार करते हुए विभिन्न खेलों में सहभागिता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने एक ट्वीट में सभी खिलाड़ियों से अनुरोध किया है कि वे देश और खेलों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधित दवाओं के सेवन से बचे और स्पर्धाओ में खेल भावना से भाग लें यह दिन केवल खेल कूद गतिविधियों तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे विश्व में खेलों में निष्पक्षता एकता और सम्मान की ओलंपिक भावना को बढ़ावा देने का अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी है

उद्योग आयुक्त डॉ कृष्ण कांत पाठक ने बताया कि पहली बार आयोजित हो रही इस शिल्पशाला से परम्परागत शिल्प का संरक्षण और संवर्धन होगा साथ ही युवाओ और इच्छुक लोगों को शिल्प विधाओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा